इस दौरान वे केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और प्रदेश की लंबित परियोजनाओं पर बातचीत करेंगे

तोमर केन्द्र सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त कराना चाहती है ताकि वे अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेच सकें उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत करने को तैयार है तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी जमीन पर उद्योगपति कब्जा नहीं करेंगे सराहना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सभी भारतीयों के लिए किए गए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान के आह्वान की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रशंसा की है डब्ल्यूएचओ ने एक ट्वीट संदेश में फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान के माध्यम से शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने पर भारत की पहल की सराहना की है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है किसानों के ढाई करोड़ डकार गए हजारों सरकारी कर्मचारी आयकर विभाग ने पकड़ा फजीवाड़ा

आपका फैसला के अनुसार हिमाचल में कोरोना से चार और मौतें

प्रदेश के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं सरकार ने हाईकोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से करवाया अवगत संबंधी खबर भी अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है दैनिक भास्कर की एक खबर है प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करने आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री सरकार ने विभागों से हटाई बजट खर्च की सीलिंग शीर्षक से अमर उजाला लिखता है हिमाचल में अब सौ फीसदी बजट खर्च सकेंगे विभाग कोरोना के चलते लगाई थी रोक

नमस्कार